अमेरीका फ्रांस और ब्रिटेन ने जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने के लिये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव दिया तनाव को देखते हुए प्रदेश के सरहदी इलाकों में चोकसी और कडी की गई सरकार ने सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों की छ्ट्टियां रद्द की प्रदेशभर में कई स्थानों पर ओलावृष्टि और बारिश के बाद ठण्ड का असर एक बार फिर बढ़ा

एक बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि भारतीय सुरक्षा कर्मी को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए भारत ने घायल रक्षा कर्मी को भद्दे तरीके से प्रदर्शित किए जाने पर भी कड़ी आपत्ति की है और कहा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून तथा जिनेवा संधि का उल्लंघन है भारत ने पाकिस्तान की आक्रमक कार्रवाई और पाकिस्तानी वाय सेना द्वारा भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करके सैन्य ठिकानों को निशाने बनाने के लिए भी पाकिस्तान के साथ कड़ा विरोध दर्ज कराया मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाई आतंकवादियों की साजिश को नाकाम करने के लिए भारत द्वारा बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई से एकदम अलग है

तीनों देशों ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि जैश के चीफ मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाया जाये

श्री जेटली कल नई दिल्ली में एक समारोह को संबोधित कर रहे थे

उधर रेलवे ने अपने पुरे नेटवर्क पर सुरक्षा अलर्ट जारी किया है

मुख्यमंत्री ने सीमा पर उत्पन्न वर्तमान स्थिति के मददेनजर प्रदेश में विशेष सतर्कता और चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए उन्होंने निर्देश दिए कि प्रशासन और पुलिस के अधिकारी सेना और बीएसएफ के साथ लगातार सम्पर्क में रहे सरकार ने सीमावर्ती जिलों के सभी पुलिस और प्रषासनिक अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देष दिये हैं साथ ही सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों की छटियां भी रदद कर दी गयी हैं

मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्थाओं के सुवस्थित संचालन के लिए बाड़मेर जिले के सभी सरकारी और अर्द्ध सरकारी विभागों तथा कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों तथा कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाशों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है

सीमावर्ती जिले बीकानेर में भी सुरक्षा से जुडे आवश्यक इंतजाम कर लिये गये है

इधर जोधपुर एयरबेस की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने कल हवाई अड्डा और वायुसेना स्टेशन को घेरे में लेकर उसकी तरफ जाने वाली रोड पर हथियारबंद जवान तैनात किए

प्रदेश में संगठन से संवाद कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई है पार्टी के जयपुर शहर अध्यक्ष मोहन लाल गुप्ता ने बताया कि कल इस के लिये सभी मण्डलों पर संयोजक बनाए गए है

इस संबंध में रसायर और उर्वरक मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है

हमारे संवाददाता नेबताया कि ओलावृष्टि से किसानों की चिंताएं बढ गई है